श्री मोदी ने कहा सशस्त्र बलों का यह एक उत्साहवर्द्वक कदम है प्रदेश में कोरोना के बाईस नये मामले की पुष्टि

अब तक एक सौ उन्नीस लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी

भारतीय सेना नौसेना और वायुसेना ने आज कोरोना योद्धाओं के प्रति देश की एकता प्रदर्शित करने के लिए देशभर में अनेक गतिविधियां आयोजित की पूरे देश ने वायू सेना के विमानों से कोविड अस्पतालों पर पूष्प वर्षा का नजारा देखा साउंड बाईट भारतीय वायू सेना के हेलिकॉप्टरों द्वारा एम्स गंगाराम राममनोहर लोहिया समेत कई अस्पतालों पर गुलाब की लाल पंखुडियों की पुष्प वर्षा करके सेना ने स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति अपना अनूठा आभार प्रकट किया

सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर कोविड उन्नीस महामारी की लड़ाई में पुलिस बल के अभूतपूर्व प्रयासों को प्रति सम्मान व्यक्त किया पुलिस कर्मियों के प्रयासों को नमन करते हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्प वर्षा की गई स्वास्थ्य पेशेवरों सुरक्षा अधिकारियों सफाई कर्मियों आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला से ज़ुड़े कामगारों और मीडियाकर्मियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए पटना कें एनएमसीएच और एम्स के डॉक्टरों नर्सों और पारा मेडिकल स्टाफ समेत सभी कोरोना योद्वाओं पर भी वायु सेना के विशेष विमानों और हेलीकॉप्टरों ने गुलाब की लाल पंखुडियों की वर्षा की सेना से मिले सम्मान पर खुशी व्यक्त करते हुए डॉक्टरों सहित सभी मेडिकल कर्मियों ने कहा कि उन्हें कोरोना को देश से जल्द खत्म करने के लक्ष्य में और ताकत मिली है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड योद्धाओं का सम्मान करने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सशस्त्र बलों का यह एक उत्साह वर्धक कदम है कोविड उन्नीस वायरस से लड़ रहे अग्रिम पंक्ति के योद्वाओं को सशस्त्र बलों ने नमन किया है श्री मोदी ने कहा कि भारत अग्रिम योद्वाओं के साहस की बदौलत कड़ा संघर्ष कर रहा है जिसके कारण बहुत से लोग स्वस्थ हुए हैं और बहुतों का इलाज चल रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उनका और उनके परिजनों की सराहना करता है गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों को शुभकामनाएं दी हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि जिस प्रकार रक्षा सेनाओं ने आज कोरोना योद्वाओं को प्रति एकजुटता व्यक्त की है उससे देश के हर कोने में प्रत्येक भारतीय में अपार ऊर्जा का संचार हुआ हैं एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी रक्षा सेनाओं को शानदार प्रदर्शन ने कोविड उन्नीस महामारी से लड़ने में हरेक भारतीय को एकजुट किया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पूर्णबंदी के तीसरे चरण में कल चार मई से व्यावहारिक तौर पर लगभग आधे देश में काम काज शुरू हो जाएगा श्री जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है

यह हमें समझना पड़ेगा और ये इसलिए हुआ कि समय पर लॉकडाउन हुआ लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हुआ और अब फेजिंग आउट कर रहे हैं और फेजिंग आउट में ग्रीन जोन में लगभग रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई हैं समी उद्योग और खासकर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं वो सारी फैक्ट्रीज भी उडीकेटेड ट्रांसपोर्ट से चालू रहेंगी कन्सट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं वैसे भी कन्सट्रक्शन एक्टिविटीज पर मजदूर वहीं रहते हैं श्री जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष केवल दोषारोपण में लगा हुआ है और उसके पास विचार विमर्श का कोई एजेंडा या मुद्दा नहीं है देश में कोविड उन्नीस की पुष्टि वाले मामलों की संख्या बढ़कर चालीस हजार दो सौ तिरसठ हो गई हैं स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार कुल मामलों में से दस हजार आठ सौ सतासी रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई हैं इस महामारी से अब तक एक हजार तीन सौ छह व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी हैं इस समय देश में कोरोना वायरस से संक्रमित अठाईस हजार से अधिक रोगियों का इलाज हो रहा हैं राज्य में आज कोरोना संक्रमण के बाईस नये मामलों की प्रष्टि हुई है इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच सौ तीन हो गयी है भागलपुर में छह पश्चिम चंपारण में पांच पूर्वी चंपारण में चार और बक्सर में तीन मामलों के साथ कैमूर कटिहार शिवहर तथा सिवान में एक एक मामले दर्ज किये गये हैं इधर प्रदेश में आज बारह संक्रमित मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई इसके साथ ही राज्य में कोविड उन्नीस से ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर एक सौ उन्नीस हो गई सबसे अधिक उनतीस लोग नालंदा जिले में ठीक हुए सिवान से पच्चीस और मुंगेर के इक्कीस रोगी ठीक हुए हैं प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक एक हजार सात सौ बयासी प्राथमिकियां दर्ज करायी गयी हैं वहीं एक हजार सात सौ बयासी लोगों को गिरफ्तार किया गया है पचपन हजार दो सौ तिरानवे वाहन भी जब्त किये गये हैं अब तक बारह करोड़ चालीस लाख रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब तक छब्बीस हजार नौ सौ इक्यावन नमूनों की जांच की गई है श्री कुमार ने बताया कि घर घर सर्वे अभियान के तहत अब तक पांच करोड़ छिहत्तर लाख लोगों की जांच की गयी है जिनमें तीन हजार चार सौ बीस लोगों में सर्दी खांसी और ब्रखार के लक्षण पाये गये हैं मुंगेर की पूलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर प्रवासी छात्रों और मजदूरों के जिलों में प्रवेश को देखते हुए लखीसराय भागलपुर बांका और जमुई जिले की सीमा पर अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात किया गया है जमुई जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कोरोना से बचाव के लिये मास्क बना रही हैं राज्य के बाहर से आने वाले छात्रों और मजदूरों की स्वास्थ्य जांच के लिये शेखपुरा में सोलह मेडिकल टीम का गठन किया गया है पश्चिम चंपारण जिला मे लाक डाउन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन विभिन्न स्थानों पर ड्रोन कैमरा से निगरानी कर रहा है देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे बिहार के छात्रों और श्रमिकों को लाने के लिए ट्रेनें चलायी जा रही हैं केरल के एर्नाकुलम और तिरूर से दो ट्रेनें कल शाम रवाना हुई हैं जो चार मई को दोपहर बाद बिहार पहुंचेगी इधर कोटा से बरौनी और गया के छात्रों को लेकर तीन विशेष ट्रेनें आज खुली हैं ये ट्रेनें भी कल अपने गन्तव्यों पर पहुंच जायेगी वहीं कनार्टक के बंगलूरू से दानापुर और केरल के एर्नाकुलम से बरौनी और मुजफ्फरपुर के लिये चार विशेष श्रमिक ट्रेनें भी आज रवाना हुई हैं इसके साथ ही केरल के थ्रिसूर से दरभंगा कन्नूर से सहरसा और कोझिकोड से कटिहार के लिये भी आज तीन विशेष ट्रेनें खुल चुकी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन में देश के अन्य राज्यों से बिहार आने वाले प्रवासियों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया है श्री कुमार ने इसके लिए अधिकारियों को सभी राज्यों के साथ आवश्यक समन्वय बनाने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने इच्छुक लोगों के फोन कॉल की रीसिविंग के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम में समूचित व्यवस्था करने को भी कहा है रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों तीर्थयात्रियों पर्यटकों छात्रों और अन्य फंसे हुए लोगों को लाने के लिए कुछ विशेष रेलगाड़ी राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित रहेंगी और रेलवे केवल उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने सूची उपलब्ध कराई है किसी अन्य यात्री या व्यक्ति को यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन आने की अनुमति नहीं है और न ही किसी स्टेशन पर टिकट बेचे जा रहे हैं बिहार के लोगों ने केन्द्र की तरफ से मिलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की है

इसी को देखके माना जा रहा है कोरोना वायरस के ऊपर भी हीट का इफेंक्ट हो सकता है और यह संमव है कि जैसे जैसे टैम्प्रेचर बढेगा वैसे वैसे कोरोना वायरस का इफैक्ट कम होगा लेकिन कोरोना वायरस एक बिल्कल नया वायरस है जिसके बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है तो इस बारे में कोई मी अनुमान लगाना सही नहीं है नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि कोरोना आपदा से उबरने के लिए हमें सामान्य जीवन जीने के प्रयास करने होंगे साउंड बाईट ये रियायतें जो दी गई हैं वो इस कॉनफिडेंस के बदौलत दी गई हैं कि हम इस महामारी का जो मुकाबला कर रहे हैं वो हम चौकस होके करते रहेंगे लेकिन उसके साथ साथ अपनी जिंदगी को थोड़ा नॉर्मल की तरफ आने के लिए स्टैप बाय स्टैप भी हम आगे आएंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रयूमेटोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए साउंड बाईट जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की दवाई है वो कोरोना वायरस इंफेक्शन है इसके इलाज में यह दवाई नहीं दी जाती लेकिन इस इन्फेक्शन में आज की डेट में कोई दवा काम नहीं करती तो इस दवाई को कुछ मरीजों को देके देखा है लेकिन हम यह कहें कि ये दवाई इस बीमारी का इलाज है तो इस समय ये बिलकल गलत होगा तो लोगों को अपने आप इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए

कोविड उन्नीस महामारी के कारण इस वर्ष का विषय है भय या पक्षपात मुक्त पत्रकारिता यूनेस्को की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर उन्नीस सौ तिरानवे में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरश ने अपने संदेश में कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी की स्थिति में प्रेस का महत्व बहुत बढ़ गया है उन्होंने कहा कि हानिकारक स्वास्थ्य सलाह से लेकर गलत जानकारी के फैलाव को रोकने के लिये प्रेस सत्यापित वैज्ञानिक और तथ्यों पर आधारित समाचार लोगों को उपलब्ध करा रहा है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में मीडिया को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है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 उग्रवाद प्रभावित गया जिले में बाराचट्टी थाना क्षेत्र के कौलेश्वरी जंगल स्थित चकनवा पहाड़ से कोबरा बटालियन के जवानों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है कोबरा बटालियन के समादेष्टा दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान बारह किलो की तीन शक्तिशाली आईईडी के साथ भारी मात्रा में जिलेटिन और अन्य विस्फोटक बरामद किए गए हैं इधर भागलपुर जिले के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के विनोबा गांव में एक घर से पूलिस ने चार पिस्तौल और तेईस कारतूस बरामद किए हैं मध्रबनी जिले के बाबूबरही थाना क्षेत्र के एक तालाब में डूबने से तीन बच्चियों की मौत हो गयी राजधानी पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र के दीघा नहर मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बिहार सैन्य पुलिस के एक जवान की मौत हो गयी

श्री मोदी ने कहा सशस्त्र बलों का यह एक उत्साहवर्द्वक कदम है प्रदेश में कोरोना के बाईस नये मामले की पुष्टि

अब तक एक सौ उन्नीस लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी